प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा को शुरू करते हुए भाजपा के नरेन्द्र बरागटा ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के विभिन्न बिन्दुओं को सराहा और कहा कि इसमें बागवानी व कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए पगों से काफी लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि सेब का रूट स्टॉक इटली के स्थान पर अमेरिका या फ्रांस से आयात किया जाए क्योंकि इटली के रूट स्टॉक में कई तरह का वायरस सामने आया है बरागटा ने कहा कि बजट को लेकर कोई राजनीति नही की जानी चाहिए कांग्रेस के ठाकुर रामलाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कर्ज लेना ही पड़ेगा जिसके बिना कोई गुजारा नही है भाजपा के चौधरी सुखराम ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर पिछले दरवाजे से विभिन्न विभागों में भर्तियां करने का आरोप लगाते हुए भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की प्रश्नकाल वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुई बसों की खरीद और परिवहन से जुड़े अन्य मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के राकेश पठानिया के प्ररक सवाल पर उन्होंने ये ऐलान किया और कहा कि इससे सच्चाई सामने आएगी

उन्होंने सदन को बताया कि मामले से जुड़े पक्षों से चर्चा की गई है और जल्द ही बसें फिर सड़कों पर दौड़ने लगेंगी कांग्रेस के ठाक्र रामलाल के बिलासपुर में ग्रीन हाउस संबंधी सवाल पर कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने बताया कि ग्रीन हाउस की सब्सिडी में अगर किसी ने गड़बड़ी की होगी तो उसे कतई नहीं बख्शा जाएगा और गलत करने वाले को सजा अवश्य मिलेगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधी भाजपा के हीरा लाल के प्रश्न पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने बताया कि इस योजना में सभी गांवों को सड़क से जोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा प्रदेश प्रद्रषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्तियों संबंधी भाजपा के विक्रम जरयाल के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि नियुक्तियों में नियमों की अवहेलना हुई लगती है उन्होंने कहा कि सारे मामले की पृष्ठभूमि से शंका तो अवश्य पैदा होती है और इस मामले में जानकारी ली जाएगी कांग्रेस के अनिरूद्ध सिंह के लोक निर्माण विभाग के मण्डलों में धनराशि की स्वीकृति से जुड़े सवाल पर जयराम ठाक्र ने बताया कि बजट आबंटन मण्डल के अनुसार होता है और सड़क रखरखाव के लिए इस बार सौ करोड़ रूपए का अंतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है नेहरू युवा केन्द्र नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा शिमला के समीप बनूटी में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में शिमला के गेयटी थियेटर में आज सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम आयोजित किया गया राज्य शिक्षा विभाग के सहयोग से करवाए गए इस कार्यक्रम में विभाग के प्रधान सचिव अरूण शर्मा मुख्य अतिथि रहे नेहरू युवा केन्द्र जिला शिमला के समन्वयक प्रभात कुमार ने बताया कि आपसी सदभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में हिमाचल और केरल राज्य के युवाओं ने हिस्सा लिया और अपने विचार और संस्कृति को साझा किया कार्यशाला राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और कुल्लू जिला आपदा प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा ने कुल्लू में एक कार्यशाला लगाई है आज इसके उदघाटन सत्र में एडीएम अक्षय सूद ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए सुनियोजित व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि इसके लिए आम लोगों की सहभागिता और जागरूकता होना भी बहुत जरूरी है हिप्पा के प्रशिक्षण निदेशक देशबंध् कायथ ने कार्यशाला की विस्तृत जानकारी दी

नये शुल्क से लगभग पच्चीस करोड़ खाताधारकों को फायदा पहुंचेगा और इसे अगले महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा

उन्होंने इस रोग की आशंका वाले मरीजों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है